सभी अस्सी सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार

यह अधिनियम सरकार द्वारा बाद में घोषित तिथि से लागू होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों की तरह वोट बैंक की राजनीति नहीं करती बल्कि वह राष्ट्र सेवा के लिए राजनीति में है श्री मोदी आज वीडियो कांफेंसिंग के जरिये तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि भाजपा बांटो और राज करो की नीति पर विश्वास नहीं करती श्री मोदी ने कहा कि अवसरवादी गठबधन और परिवारवादी दल अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं जबकि भाजपा लोगों के हाथ मजबूत करना चाहती है प्रधानमंत्री ने विश्वास ज़ाहिर किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहेगा क्योंकि उसके कार्यकर्ता लगातार लोगों से जुड़े रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिख समुदाय को फिर आश्वस्त किया है कि उनको सरकार उन्नीस सौ चौरासी के सिख दंगों के दोषियों को सज़ा दिलाने और प्रभावितों को न्याय देने म काई कोर कसर बाको नहीं रखेगी श्री मोदी आज अपने आवास पर सिखों के दसवें गुरू श्री गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर लोगों को सम्बोधित कर रहे थे इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्री गुरू गोविंद सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में साढ़े तीन सौ रूपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया श्री मोदी ने कहा कि सरकार की कोशिशों से करतारपुर कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है और अब श्रद्वालु गुरूद्वारा दरबार साहिब के दर्शन कर सकेंगे उन्होंने कहा कि गुरू गोविंद सिंह जी निर्बल वर्गो के लिए हमेशा संघर्षरत रहे कांग्रेस ने राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव अपनी ताकत पर लड़ने का फसला किया है आज लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी महासचिव ग़लामनबी आज़ाद और प्रदेश अध्यक्ष राजबबर ने इस निर्णय की घोषणा की श्री आज़ाद ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य की सभी अस्सी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी हालांकि अन्य दलों के साथ गठबंधन का विकल्प खूला रखते हुए श्री आज़ाद ने कहा कि अगर कोई धर्मनिरपेक्ष पार्टी कांग्रेस के साथ चलने को तयार हो तो उसे समायोजित करने पर विचार जरूर किया जायेगा कांग्रेस को सपा बसपा गठबंधन से अलग रखने के बारे में पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन में शामिल होना चाहती थी लेकिन अगर कोई साथ नहीं चलना चाहता है तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है चूनाव के बाद सपा बसपा से गठजोड़ के बारे में पूछे जाने पर श्री आज़ाद ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सभी धमनिरपेक्ष क्षेत्रीय दलों का स्वागत करेगी राष्ट्रीय लोकदल से चुनावी तालमेल की संभावना के बारे में किये गये सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बारे में वह मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुंभ मानवता का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आर सांस्कृतिक समागम है इस परम्परा को ऋषियों मुनियों और श्रद्धालुओं ने हजारों वर्षो से सहज कर रखा है श्री योगी न यह बात आज लखनऊ में इंडिया दुडे द्वारा आयोजित कुंभ दो हजार उन्नीस कॉन्फ्लुएन्स ऑफ माइन्ड्स कार्यकम को सम्बोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि इस वृह्द आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार ने पुख्ता बन्दोबस्त किये हैं श्री योगी ने कहा कि लोगों को इस विश्वस्तरीय आयोजन में देश के हर सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा उन्होंने कहा कि देश के छह लाख गांवों के प्रतिनिधियों को इस कुंभ में आमंत्रित किया गया है मुख्यमंत्री ने कुंभ के सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यूनेस्को ने कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक समागम कुंभ परसों से प्रयागराज में शुरू हो रहा है पन्द्रह जनवरी को मकर संकाति के दिन से शाही स्नान का कम शुरू हो जायेगा इस बीच श्रद्धालु आखिरी समय में असुविधा से बचने के लिए पहले ही प्रयागराज पहुंच रहे हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन ने यातायात संचालन को और अधिक प्रभावी बनाया है

ड्यूटी पर वाहनों को छोडकर कुंभ क्षेत्र में किसी भी वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ कुंभ में श्रद्वालुओं के सुगम आवागमन और सुविधाओं के लिए रेलवे ने प्रयागराज में नये प्लेटफार्म्स व टर्मिनल सहित यात्री आश्रयों की पुख्ता व्यवस्था की है इस बारे में उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी गौरव कृष्ण बंसल ने आकाशवाणी को बताया पहला बड़ा स्नान मकर संकांति को है उससे पहले मैं आपको बताना चाहॅगा कि हम लोगों ने सात सौ करोड़ रूपये निवंश किये हैं प्रयागराज शहर में जिसमें हम लोगों ने नये रोड़ ओवर ब्रिज बनाये हैं पुराने रोड अण्डर ब्रिजेज की बाइंडनिंग करी है नये फुट ओवर ब्रिज बनाये हैं नया टायबैक बनाया है नये प्लेटफार्म्स बनाये हैं नये टर्मिनल बनाये हैं और एक पूरा नया स्टेशन प्रयाग घाट के नाम से बनाकर हमने तैयार कर दिया है इसके अतिरिक्त इलाहाबाद जंदशन के ऊपर हम लोगों ने यात्री आश्रय बनाये हैं उन यात्री आश्रयों के अन्दर यदि आप जाएंगे तो वो कलर कोटेड हैं अगर आपको कानपुर की तरफ की गाड़ी पकड़नी है तो आप हरा यात्री आश्रय लेंगे अगर आपको लखनऊ की तरफ की गाड़ी पकड़नी है तो आप नीले यात्री आश्रय में जाएंगे अगर आपको पंडित दीन दयाल उपाध्याय टर्मिनल की तरफ की गाड़ी पकड़नी है तो आप पीले यात्री आश्रय में जाएंगे और अगर आपको मुम्बई की तरफ की गाड़ी पकड़नी है तो आप लाल यात्री आश्रय में जाएंगे इस प्रकार हम लोगों ने यात्री आश्रयों की कलर कोडिंग करके इसको इतना सुविधाजनक बना दिया है अभी से जो यात्रीगण आ रहे हैं उनके द्वारा इसकी प्रशंसा की जा रही है प्रदेश के कई भागों में सिखों के दसवें गुरू श्री गुरू गोविंद सिंह की तीन सौ बावनवीं जयंती प्रकाशोत्सव के रूप में श्रद्वाभाव और हर्षोल्लास के साथ मनायी जा रही है

इस अवसर पर गुरूद्वारों में गुरूग्रन्थ साहिब के अखण्ड पाठ क समापन के साथ साथ विशेष दीवान भी सजाया गया गुरूद्वारों को आकर्षक लाईटों से सजाकर उन्हें आर अधिक भव्यता दी गयी है और शबद कीर्तन का सिलसिला जारी है अमरोहा में प्रकाशोत्सव के अवसर पर शहर के मुख्य मार्गो से शोभा यात्रा निकाली गयी यह शोभा यात्रा गुरू गोविंद सिंह जी के जीवन आदर्शो पर आधारित थी बाराबंकी के लाजपतनगर में भी प्रकाशोत्सव पूरी आस्था के साथ धूमधाम से मनाया गया और लंगर का आयोजन हुआ

फतेहपुर ज़िले में एक सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी और छियालीस लोग घायल हो गये हैं पुलिस अधीक्षक राहुल राज ने आकाशवाणी को बताया कि यह हादसा आज कल्याणपुर इलाक के माहौर गांव के पास उस समय हुआ जब एक तेज़ रफ़्तार ट्रक का टायर फट गया और वह अनिंयत्रित होकर सामने से आ रही रोडवेज़ बस और श्रद्धालुओं से भरी जीप से टकरा गया